बाद में वे हाईकोर्ट के नव निर्मित भवन का भी उदघाटन करेंगे

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के कानून पॉक्सो के तहत दोषी ठहराए गए अपराधियों के लिए दया याचिका का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए

राजस्थान और हरियाणा के बीच इस व्यवस्था को लेकर हुए सफल परीक्षण के बाद राज्य सरकार में अब आन्ध्रप्रदेश केरल ग्जरात महाराष्ट्र तेलंगाना और कर्नाटक में इन्टर स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है गौरतलब है कि पहले सरकारी राशन के डिपो पर राशन मैनुअल तरीके से वितरित किया जाता था

इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद अब इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी शुरू की गई है

ये ट्रोमा सेन्टर चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नागौर के मेड़ता सिटी सीकर के लक्ष्मणगढ़ बाड़मेर के बालोतरा बूंदी के हिंडोली चूरू के राजगढ हनुमानगढ़ के नोहर जैसलमेर के पोकरण अजमेर के सावर अलवर के भिवाड़ी और जोधपुर के बालेसर में खोले जा रहे है

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघू शर्मा ने कल चिकित्सा और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और आयुर्वेद विभाग की बजट घोषणा के संबंध में समीक्षा बैठक में ये बात कही बैठक में चिकित्सा मंत्री ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना निशुल्क जांच योजना विभाग द्वारा निकाली गई भर्ती और जनता क्लिनिक के बारे में जानकारी हासिल की

शहीद का पार्थिव शरीर कल विशेष विमान से झुंझुनूं लाया गया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस उन जांबाज सैनिकों के प्रति एकजुटता दिखाने का दिन है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है उन्होंने कहा कि इस मौके पर हम सभी सैनिर्को के सम्मान और उनके कल्याण के लिए योगदान देने का संकल्प लें